इस दौरान उन्होंने अस्पताल में उपचाराधीन मरीजों का क्शलक्षेम प्रछा राज्यपाल ने मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे विद्यार्थियों से भी मुलाकात की और उन्हें दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली उन्होंने अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर भी बल दिया खनन प्रदेश में खनन स्थलों से खनन सामग्री की ढ्लाई को व्यवस्थित करने के लिए सभी जिलों में तैनात अधिकारियों को अनुपालना के निर्देश जारी किए गए हैं

खनन अधिकारियों को ओवर लोडिंग करने वाले पट्टा धारकों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है हाईकोर्ट प्रदेश उच्च न्यायालय आज अपना स्वर्ण जयंती समारोह मनाएगा शिमला के पीटर हॉफ में आयोजित होने वाले समारोह में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे इस दौरान प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी सहित अन्य न्यायाधीश व बार काउंसिल के सदस्य भी मौजूद रहेंगे सुझाव राज्य सरकार ने प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए एक बार प्रयोग होने वाले व पुनः चक्रित न हो पाने वाले पैकेजिंग प्लास्टिक की खरीद योजना शुरू की है पर्यावरण विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया है कि योजना को बेहतर व राज्य को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए आम लोगों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं

मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं हालांकि चंबा कांगड़ा और शिमला जिले के अधिकतर इलाकों में सुबह से रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी है मौसम विभाग ने आज राज्य के निचले और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ वर्षा व ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है विभाग ने अगले कुछ दिनों तक मौसम के खराब बने रहने की संभावना जताई है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक है विधानसभा बजट सत्र भोज से जबरन उठाने के मामले में विपक्ष का सदन में हंगामा वॉकआउट पंजाब केसरी की सुर्खी है अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले में जातीय भेदभाव पर बिफरा विपक्ष वॉकआउट दो दिन के रिमांड पर भेजे आरोपी दिव्य हिमाचल के शब्द हैं महाशिवरात्रि में जातीय भेदभाव पर तपा सदन आपका फैसला ने लिखा है शिवरात्रि महोत्सव में जातीय भेदभाव पर विपक्ष का वॉकआउट

हिमाचल दस्तक ने खबर दी है अवैध खनन पर अब तुरंत दर्ज होगी एफआईआर मशीनें जब्त कार्रवाई न करने पर नपेंगे खनन अधिकारी आदमी वही छोटा जिम्मेदारी बड़ी गृहक्षेत्र झंडूता में भव्य स्वागत से गदगद जगत प्रकाश नड्डा दिव्य हिमाचल की एक खबर है अखबार लिखता है वीरभद्र से मिलने हॉलीलॉज पहुंचे जेपी नड्डा दैनिक जागरण ने लिखा है मुआवजा न देने पर ऊना में रेलवे की जमीन नीलाम कोर्ट के आदेश पर कोटला कलां में लगी बोली

आपका फैसला लिखता है माधव राय की जलेब के साथ मंडी शिवरात्रि का समापन दैनिक सवेरा टाइम्स ने खबर दी है सीआईडी करेगी फर्जी डिग्री मामले की जांच पत्र लिखता है अनाधिकृत भवन नियमितिकरण के लिये एकमुश्त छूट की तैयारी दौलतपुर चौक से जयपुर के बीच दौड़ेगी सीधी रेलगाड़ी इस समय चल रहीं सात रेलगाड़ियां पंजाब केसरी की खबर है मौसम पर आपका फैसला की सुर्खी है हिमाचल में दो दिन तक अंधड़ व भारी बारिश की चेतावनी